महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिये भी प्रचार खत्म

रोहित शर्मा ने बनाया शानदार शतक

अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे है इसके पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के सिरसा जिले में एलनाबाद में एक चुनावी सभा में विकास का मुद्दा उठाया उन्होंने पानी के लिए एक अलग मंत्रालय के गठन का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी नदियों के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोककर हरियाणा और अन्य राज्यों में उपलब्ध कराया जाएगा

उधर प्रदेश में झाबुआ विधानसभा उप चुनाव के लिए भी प्रचार आज शाम थम गया इस सीट के लिये कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा उम्मीदवार के साथ ही तीनों निर्दलीय प्रत्याशी भी प्रचार में जुटे रहे कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री कमलनाथ और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया

मैग्निफिशेंट एमपी मध्यप्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं को बढाने के लिये इंदौर में आयोजित मैग्निफिशेंट एमपी निवेशक सम्मेलन का कल समापन हो गया सम्मेलन में शामिल हए उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में लाजिस्टिक खनन पर्यटन और दवा सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को बेहतर बताया इसके पहले रिलायंस ग्रूप के चेयरमेन मुकेश अंबानी ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां पर लाजिस्टिक क्षेत्र में निवेश की बेहतर संभावनाएं है सम्मेलन में देश के जाने माने औद्योगिक घरानों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया सम्मेलन में विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे राज्यपाल भारतीय दर्शन एक संप्रर्ण समावेशी दर्शन है और यह विश्व के सर्वोच्च दर्शनों में से एक है यह विचार राज्यपाल लालजी टंडन ने व्यक्त किये वे भोपाल की प्रशासनिक अकादमी में अखिल भारतीय दर्शन परिषद के तीन दिवसीय अधिवेशन के श्भारंभ अवसर पर बोल रहे थे उन्होनें कहा कि भारतीय मनीषा ने संपूर्ण मानव जाति को जो जीवन दर्शन दिया है वह सर्वव्यापी है साथ ही इस दर्शन ने चारवाक़ जैसे भौतिकवादी दर्शन को अपने चिंतन में स्थान दिया है

अधिवेशन में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के दर्शनशास्त्र के अध्येता अपने विचार प्रकट करेंगे अधिवेशन का आयोजन हमीदिया महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग और अखिल भारतीय दर्शन परिषद ने मिलकर किया है

डीएन तकनीक किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त व्यक्तियों और विचाराधीन कैदियों की पहचान की पुष्टि करने के लिये डीएनए तकनीक इस्तेमाल की जाती है इस तकनीक से मिले परिणाम को अदालतें महत्वपूर्ण प्रमाण मानती है डीएनए तकनीक का द्रूपयोग न हो सके इसके लिये तकनीक के इस्तेमाल पर नियंत्रण से संबंधित विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया है राज्य सभा के सभापति इस विधेयक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थायी समिति के पास भेजा है गौरतलब है कि अपराधियों पीडितों संदिग्धों और विचाराधीन कैदियों सहित खास श्रेणी के लोगों की पहचान की पुष्टि के लिए यह विधेयक लोकसभा ने इस वर्ष जुलाई में पारित किया था इस विधेयक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर डीएनए डेटा बैंक स्थापित करने का भी प्रावधान है

जिससे किसानों को लाभ होने के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिल सकेगा प्रदेश के तीन जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बेहतरीन माने जाने वाले तोतापरी आम का अतिसघन बाग लगाने का निर्णय लिया गया है इसके तहत तीन सालों में एक हजार एकड़ में तोतापरी आम के बाग लगाये जायेंगे इसके लिये केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ से तकनीकी मदद ली जायेगी संस्थान के निदेशक शैलेन्द्र राजन ने हाल में मध्य प्रदेश का दौरा किया और अधिकारियों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के होशंगाबाद हरदा और बैतूल जिले को शामिल किया गया है

विमोचन मीडिया में मूल्य आधारित पत्रकारिता करने के लिये पेश आ रही चुनौतियों का सामना स्वाध्याय और सूचना की प्रामाणिकता से किया जा सकता है यह विचार आज प्रोफेसर कमल दीक्षित की मूल्यानुगत मीडिया संभावना और चुनौतियां विषय पर लिखी पुस्तक के विमोचन अवसर पर उपस्थित विद्वान वक्ताओं ने व्यक्त किये पुस्तक का विमोचन फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और वरिष्ठ पत्रकार एनकेसिंह प्रकाश दुबे तथा राजेश बादल ने किया सभी वक्ताओं ने कहा कि प्रामाणिकता और पूंजी से जुड़ी चुनौतियां मीडिया से जुडे व्यक्तियों को अक्सर होती है लेकिन व्यवसायिक निष्ठा और सूचना के माध्यम से इनका सामना किया जा सकता है लेखक प्रोफेसर कमल दीक्षित ने यह पुस्तक वर्तमान समय में मीडिया के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और मीडिया जगत की संभावनाओं पर केन्द्रित है

खराब रोशनी और बारिश के कारण पहले दिन का खेल जल्दी समाप्त हो गया

दक्षिण अफ्रीका की ओर से कागिसो रबादा ने दो और एनरिच नोर्टजे ने एक विकेट लिया भारत ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया

मौसम विदा होते मानसून की वजह से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाये रहे कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई भोपाल और आस पास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से दिनभर धूप खिली रहने से तापमान में बढोत्तरी दर्ज की जा रही थी लेकिन आज सुबह से बादल छाये रहने और हल्की ब्रंदाबादी होने से तापमान में गिरावट आ गयी उधर डिडौंरी जिले में आज भी बारिश का दौर जारी रहा जिले में पिछले दो दिनों से हो रही वर्षा के कारण किसानों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी हो रही है जबलपुर शहडोल होशंगाबाद और इंदौर में भी कहीं कहीं वर्षा हुई

मौसम केन्द्र के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा